आज सवेरे एक वीडियों संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने घर में रहें और दिए जलाते समय समूह में एकत्र न हों श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन में लोगों ने अभूतपूर्व अन्शासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है उन्होंने कहा कि देश को कोरोना वायरस से उपजे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में हैं लेकिन वे अकेले नहीं हैं समूचे देश की सामूहिक शक्ति उनके साथ हैं

उन्होंने यह भी कहा कि जनता कर्फ्यू और घंटी बजाने से इस च्नौतिपूर्ण समय में देशवासियों को अपनी एकता का आभास हआ है

इस वीडियो कांफ्रेंस में जाने माने चालीस प्रम्ख खिलाडियों ने हिस्सा लिया

कोरोना राष्ट्रीय देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या दो हजार तीन सौ एक हो गई है

ताजा मामलों में सबसे ज्यादा सात इंदौर में दर्ज किए गए हैं इंदौर पहले ही मप्र में कोरोनोवायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है वहीं दो म्रैना में और एक मामला छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया

राज्य में अब तक आठ मरीजों की मौत हो च्की है इसी बीचराज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हए समस्त म्ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान क्षय रोगियों को अतिरिक्त रूप से एक माह की एडवांस औषधियाँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं

पन्ना जिले में लॉक डाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा जिला प्रशासन ने आज से समस्त शहरी क्षेत्रों में किराना द्वकानफल सब्जी ओर द्वध द्कानों पर भी समय का शिकंजा कस दिया है

खण्डवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के सातों विकासखण्डों में मॉस्क व सेनेटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है अशोकनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन समाजसेवियों के साथ साथ धर्मग्रूओं द्वारा आमजन से इस महामारी से बचने के लिए अपील की जा रही हैं टीकमगढ में होम क्वारेंटाइन व्यक्तियों के लिए टेलीमेडिसिन कॉल सेंटर शुरू किये गए हैं जहां से उन्हें घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा नीमच में वास्तविक कीमत से अधिक पर चिकित्सा सामग्री बेचने की शिकायतों के बाद दो मेडिकल स्टोर आगामी आदेश तक सील कर दिए गए है शिवपुरी में नन्ही सी परिधि सोनी भी पेंटिंग के माध्यम से कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को घरों में ही रहने व सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दे रही है